कल ईटानगर में अरुणाचल विकास परिषद की रजत जयंती और कार्यकर्ता प्रांत सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जनजातीय परिवार से अपने बच्चों और परिजनों से स्थानीय भाषा में बातचीत करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्ध संस्कृति को जीवंत रखने के लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण है माता पिता मातृ भाषा में बातचीत करे जनजातीय भाषाओं के महत्व पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी भाषा में ही संस्कृति विद्यमान होती है राज्य में शिक्षा स्वास्थ्य और सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में अरुणाचल विकास परिषद के योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की उन्होंने सरकार की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए उनकी महत्वपुर्ण सेवाओं में सहयोग का आश्वासन दिया ईस्ट सियांग जिले में सेना द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में शिगार मोतुम रेलिंग और मेबो गांव के करीब छह सौ रोगियों ने लाभ उठाया सेना के चिकित्सा दल ने जिला अस्पताल की सहायता से ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की और उन्हें निःशुल्क दवाएं प्रदान की

विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक कुंभ दो हजार उन्नीस आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पवित्र स्नान के बाद शुरु हो गया मेले का शुभारंभ विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों की गंगा यमुना और विलुप्त सरस्वती की धाराओं में पहली ड़बकी लगाने के साथ हुआ स्नान के लिए इक्कीस घाट बनाये गए हैं महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है पहली बार तीन महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए है पैतालीस पुलिस थानों अट्ठावन पुलिस चौकियों और तीन महिला पुलिस थानों सहित बीस हजार सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं आज डेढ़ करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया मकर सक्रांति और भोगाली बिहू का पर्व राज्यभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर परशुरामकुंड में हजारों की संख्या में देश विदेश के श्रद्धालुओं ने पवित्र कूंड में स्नान किया राज्यसरकार की तरफ से श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किये गए है इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष की तरह आयोजित परशुराम मेले में चहल पहल देखी गई देशभर में इकहत्तरवां सेना दिवस मनाया जा रहा है इसका आयोजन उन्नीस सौ उनचास में जनरल के एम करिअप्पा द्वारा तत्कालीन ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर एफ आर आर बचर से सेना की कमान का कार्यभार संभालने की स्मृति में हर साल आज ही के दिन किया जाता है नई दिल्ली में सैन्य कर्मियों को संबोधित करते हुए थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सेना सीमा पर पाकिस्तान की ओर से आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए कठोर कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी उन्होंने कहा कि भारत की पश्चिमी सीमा पर बाहरी समर्थन पाने वाले आतंकी गिरोहों से कारगर तरीके से निपटने में सेना पूरी तरह सक्षम है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस के अवसर पर सैनिकों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी है राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारे सैनिक राष्ट्र का गौरव है और हमारी स्वतंत्रता के पहरेदार हैं उप राष्ट्रपति ने कहा है कि हम सब की यह जिम्मेदारी है कि हम भारतीय सेना का हौसला और उसके प्रति सम्मान बरकरार रखें प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि भारतवासियों को अपने सैनिकों के हौसले और बलिदाण पर गर्व है केंद्रीय विज्ञान और टेक्नोलोजी विभाग ने द्ररदर्शन के साथ मिलकर आज विज्ञान संचार की दिशा में डी डी साइंस और इंडिया साइंस नाम की दो महत्वपूर्ण पहल की इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान और टेक्नोलोजी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देशवासियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति पैदा करना बहुत जरुरी है उन्होंने कहा कि सरकार विज्ञान को समर्पित एक ऐसा चैनल शुरु करना चाहती है जो सप्ताह में सातों दिन और चौबीसों घंटे प्रसारण करे उन्होंने कहा कि देश में इस क्षेत्र में विचारों प्रतिभाओं और क्षमता की कोई कमी नहीं है उन्होंने कहा कि इन चैनलों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से जनता को बड़ा फायदा होगा इन दो चैनलों पर विज्ञान आधारित डोक्य्रमेंटरी फिल्में स्टुडियों में कराये गये वार्तालाप के कार्यक्रम फिल्में इंटरव्यू आदि प्रसारित किये जायेंगे इन चैनलों के लिए दर्शकों को किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा डी डी साइंस द्ररदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर एक घंटे के स्लॉट के रुप में होगा जबकि इंडिया साइंस इंटरनेट पर आधारित चैनल होगा भारत में राष्ट्रीय विज्ञान चैनल शुरु करने की दिशा में यह पहला कदम है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 आज का अधिकतम तापमान चौबीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान ग्यारह दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया